विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है

इन हेलीकॉप्टिर के शामिल होने से वायु सेना की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी इस अवसर पर वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ ने कहा कि इन हेलीकॉप्टारों के शामिल होने के साथ ही वायु सेना के पास अत्याधुनिक श्रेणी के हेलीकॉप्टर जुड़ गये हैं कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं की बयानबाजी के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस में कृछ भी होता रहे लेकिन पार्टी प्रदेश को बर्बाद ना करे गौरतलब है कि वन मंत्री उमंग सिंघार ने आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने श्री सिंह पर सरकार को ब्लैकमेल करने और दबाव बनाने के भी आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने इस बारे में श्रीमती गांधी को भी पत्र लिखा है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया नैन्सी प्रदेश के उन दो विद्यार्थियों में शामिल है जो इसरोँ द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में सफल हुई थी

नैन्सी के अलावा जबलपुर के सिद्धक छाबड़ा का भी चयन इसके लिये हुआ है आदमखोर तेंदुआ बड़वानी जिले में वन विभाग ने आज एक आदमखोर तेंदुए को गिरफ्त में ले लिया विभाग के अनुविमागीय अधिकारी विजय गुप्ता ने बताया कि पानसेमल वन क्षेत्र के ज्नापानी में आज सुबह तेंद्रआ वन विभाग द्वारा लगाए पिंजरे में फैस गया

जैन धर्म जैन धर्मावलंबीयों का दस दिनों तक चलने वाला पर्युषण पर्व आज से शुरू हो गया है यह पर्व आत्म श्रद्धि तप साधना और संयम का सबसे बड़ा माध्यम है इस दौरान जैन मेंदिरों में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में प्रसिद्व तीर्थ धाम पपौरा जी अहार जी बंधा जी में दसो दिन भगवान महावीर का महामस्तकाभिषेक किया जायेगा मौसम राजधानी भोपाल में कल शाम से ही रूकरूक कर बारिश का दौर जारी है रायसेन जिले में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं बरेली के बारना पुल के ड्रब जाने से भोपाल जबलपुर मार्ग बंद हो गया है भारी बारिश से तीन साल बाद बीती रात जिले के सबसे बड़े डैम बारना के चार गेट खोले गये थे उधर शहडोल और अनूपपुर जिले में भी लगातार बारिश हो रही है यहां एक दो दिन में बांणसागर के गेट खोले जा सकते है

मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है

आगरमालवा जिले में हर महीने आनंदसभा का आयोजन किया जायेगा